आज से आचार संहिता लागू मतदान सोलह दिसम्बर को होगा

विपक्षी दलों दवारा विभिन्न मुद्दों पर विरोध के चलते संसद दोनों सदनों की कार्रवाई आज दूसरे दिन भी सथगित कर दी गई लोकसभा में राफेल विमान सौदे में कथित अनियमितताओं और कुछ अन्य मुद्दों को लकर हंगामा हआ कांग्रेस ने मामले की संयुक्त संसदीय कमेटी से जांच कराने की मांग की वामदलों राष्ट्रीय जनता दल राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सांसद व अन्य सदस्य भी विरोध में शामिल हो गये

शून्य काल के दौरान लगातार व्यवधान के कारण अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने सदन की बैठक दिन भर के लिये स्थगित कर दी उधर राज्य सभा में ऑल इंडिया अन्या डी एम के और डी एम के सदसयों के तमिलनाड् में कावेरी वाले किसानों को संरक्षण देने की मांग के कारण सदन की बैठक स्थगित कर दी गई

राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण एनएचआई यात्रियों के लिए स्रक्षित व आरामदायक यात्रा के लिये टोल प्लाजा में राजमार्ग ठहराव का निर्माण कर रहा है यहा क्योसक में सुखे स्नैक्स चाय काफी की वैडिंग मशीने और पानी के एटीएम लगाये जायेंगे आज लोकसभा में एक लिखित उत्तर में सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री मनस्ख लाल मंडविया ने कहा कि टोल प्लाजा में महिलाओ व प्रूषों के लिए टोयलेंटस भी होंगे उन्होंने बताया कि एनएचआई ने निर्देश दिये है कि इन राजमार्ग ठहरावों का निर्माण और संचालन राज्य सरकार संचालित सहकारी समितियां करेंगी

एक सरकारी प्रवक्ता के अन्सार चंडीगढ़ में आज बताया कि ग्रूग्राम का जिला स्त्रीय कार्यक्रम सेक्टर चवालिस स्थित एपैरेल हाउस परिसर में होंगे ताकि नये ग्रूग्राम शहर के लोग भी इस आयोजन से जुड़ सकें प्रवक्ता ने बताया कि एपैरेल हाउस परिसर में गीत पर आधारित एक प्रदर्शनी भी लगाई जायेगी जिसमें गीता महाग्रंथ के विभिन्न आयामों को दर्शाया जायेगा इनमें जीवो गीता गीत गीता इस्कान श्री माता शीतला देवी पूजा स्थल बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं के स्टाल होंगे प्रदर्शनी में सरकारी विभाग के स्टाल भी होंगे जहां सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के बारे बताया जायेगा

पंचकूला के उपाय्क्त म्क्ल क्मार ने बताया कि सरकार ने आल् उत्पादकों को फसल का भाव कम मिलने पर भावांतर भरपाई योजना के तहत न्कसान की भरपाई करने के उद्देश्य से गांव स्तर पर पंजीकरण करने का निर्णय लिया है ताकि अधिक से अधिक किसान इसका लाभ् ले सके उन्होंने कहा कि शिविरों के किसानों को जागरूक किया जायेगा ताकि किसान अपनी फसलों का उचित भाव के साथ म्नाफा भी ले सके योजना में आलू प्याज टमाटर व गोभी फसल की पैदावार को शामिल किया गया है

हरियाणा के रोडवेज कर्मचारियों की दो दिन की प्रदेशव्यापी भूख हड़ताल के दौरान आज हिसार के बस अड्डा परिसर के बाहर रोडवेज कर्मचारियों ने धरना दिया

रोडवेज संघ इसका विरोध कर रहे है

हरियाणा राज्य चुनाव आयुक्त श्री दिलीप सिंह ने यह जानकारी देते हुए बताया कि हरियाणा चनाव आयोग दवारा लिये गये देश मे अनुठे फैसले के तहत इन च्नावों के दौरान अगर किसी वार्ड में सभी उम्मीदवारों के मत नोटा के मतो से कम आये तो च्नाव रद्द होगा वहां प्न च्नाव कराया जायेगा साथ ही इनमे चुनाव लड़ चुके उम्मीदवार पुन अपना नामांकन दाखिल नहीं करे सकेंगे राज्य च्नाव आय्क्त ने बताया िक महाराष्ट्र के बाद हरियाणा दूसरा ऐसा राज्य होगा जहां नोटा भी एक उम्मीदवार होगा उन्होंने कहा कि ये च्नाव इलैक्ट्रोनिक वोटिंग मशीनों से होंगे और प्रदेश के इतिहास मे पहली बार नगर निगमों के महापौर का सीधा च्नाव होगा श्री दिलीप ने बताया कि च्नाव हिसार रोहतक यम्नानगर पानीपत और करनाल नगर निगमों तथा जाखल मंडी और प्ंडरी नगरपालिकाओं के लिये कराये जा रहे है तथा इन क्षेत्रों में आज से आचार संहिता लागू हो गई है

हिमाचल प्रदेश व उत्तराखंड की उंची पहाडियो पर दो दिनों से हो रही बर्फबारी से यम्ना का जल स्तर कम हो गया है आज स्बह हथिनीक्ड बैराज पर यम्ना का जल स्तर सौलह सौ सत्त्हतर क्यूसेक दर्ज किया गया

वहीं यम्ना नदी में मवेशियों के लिये तीन सौ बावन क्यूसेक पानी दिया गया पानी की पर्याप्त आपूर्ति न होने से हाइडल प्रोजेक्ट में बजली का उत्पादन प्रभावित हो रहा है हाईडल प्रोजेक्ट पर तैनात कार्यकारी अभियता अभिनव ने बताया िक प्रति दिन बिजली उत्पादन पांच लाख यूनिट से भी कम रह गया गया है जबकि पर्याप्त पानी रहने पर उत्पादन दस लाख यूनिट रहता है

हिसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने आज द्वष्कर्म की शिकार एक नाबालिग पीड़िता को तीन लाख रूपये की आर्थिक सहायता दी प्राधिककरण के सचिव और चीफ जूडीशियल मैजिस्ट्रेट सुरेन्द्र कुमार ने आज ए डी आर सेंटर में पीड़िता को आर्थिक सहायता देने के मौकेपर बताया कि इस मामले में आरोपी को महिलाओं के विरूदव जघन्य अपराधो के लिए गठित विशेष अदालत ने तीस सितम्बर को उम्र कैद की सज़ा स्नवाई थी

एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि ये म्काबले हिसार में महावीर स्टेडियम विद्या देवी जिंदल स्कूल कृषि विश्वविद्यालय व डाबड़ा हॉकी मैदान मे कराये जायेंगे जननायक जनता पार्टी के नेता एवं सांसद द्वष्यंत चौटाला ने कहा कि उनकी पार्टी नगर निगम च्नाव में किसी का भी समर्थन नहीं करेगी

य्वाओं महिलाओं और अन्य लोगों को जेजेपी से जोड़ने के लिए विशेष अभियान चलाया जायेगा